मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आया खासकर दिव्यांगों बुजुर्गों और महिलाओं ने मतदान में बढ़चढ़कर हिस्सा लिया सुबह से ही लोग मतदान के लिए अपने घरों से निकल पड़े हालांकि मतदान केंद्रों में भीड़ दोपहर बाद ही देखने को मिली

मतदाताओं ने प्रत्याशियों को लेकर अपनी पसंद बतायी

यहां संवेदनशील और अति संवेदनशील ब्रथों में सीसीटीवी से निगरानी में वोट डाले गए

अल्मोड़ा के सैनार पोलिंग बूथ में मतपत्रों में गढ़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद करीब डेड़ घंटा मतदान को रोका गया जिसके बाद नोडल अधिकारी और पुलिस बल मौके पर पहंचे गड़बड़ी को द्रूस्त कर मतदान फिर सुचारू किया गया इस दौरान मतदान केंद्रों में सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किये गए थे जिला निर्वाचन अधिकारी समेत निर्वाचन से जुड़े अन्य अफसर मतदान केंद्रों का निरीक्षण करते रहे

मंडल आयुक्त ने बताया कि मतदान को लेकर से लोगों के अंदर उत्साह देखने को मिला है

रक्षामंत्री मंजूरी रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध में मारे गए सैन्यकर्मियों के परिजनों को दी जाने वाली सहायता राशि दो लाख से बढ़ाकर आठ लाख रूपये करने के फैसले को सैद्वांतिक मंजूरी दे दी है यह सहायता राशि थल सेना युद्ध हताहत कल्याण कोष से दी जायेगी

अर्थव्यवस्था जावडेकर सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि केन्द्र सरकार देश की अर्थव्य्वस्था को मजबूत करने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रही है लखनऊ में आज मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ वर्षो के दौरान रेपो दर में पांच बार कमी की गई है जिससे उद्योग जगत को काफी मदद मिलेगी

जावडेकर ने कहा कि सरकार ने देश के आधारभूत संरचना के क्षेत्र में सौ लाख करोड़ रूपये के निवेश का फैसला किया है सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि बैंकों के विलय से बैंकिंग उद्योग मजबूत हुआ है और सभी ने इसका स्वागत किया है

संगीत समारोह चमोली के कर्णप्रयाग में चार दिवसीय आध्यात्मिक संगीत समारोह का आयोजन किया गया है समारोह में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगीतज्ञ अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं कर्णप्रयाग से विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी ने दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के स्वयं भू संगठन ने किया संगठन के डॉ पीके मोहंती ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी शुक्रवार को समारोह की पहली शाम पंडित मध्यप मुदगल ने कबीर भजन और आध्यात्मिक संगीत से दर्शकों का मन मोह लिया कार्यक्रम में मौजूद विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि इस तरह के आयोजन से स्थानीय कलाकारों को भी जुड़ने का मौका मिलता है सुरों से सजी रात में दर्शक देर तक झूमते रहे नवरात्र शारदीय नवरात्र के सातवे दिन आज देवी दुर्गा के सातवे रूप कालरात्रि की पूजा अर्चना की गई श्रद्वालुओं ने व्रत रखा और मंदिरों में पहंचकर देवी के दर्शन किए राजधानी से सटे सनातन धर्म मंदिर नव दुर्गा मंदिर के साथ ही प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित सिद्धपीठ और मंदिरों में भी श्रद्वालुओं का तांता लगा रहा वहीं नवरात्र के साथ ही इन दिनों जगह जगह रामलीला मंचन की भी धूम है राजधानी सहित प्रदेशभर में रामलीलाओं का मंचन किया जा रहा है दुर्गा बाड़ी देहरादून दुर्गाबाड़ी में छठे दिन देवी दुर्गा की मूर्ति स्थापना के साथ ही दुर्गा पूजा महोत्सव शुरू हो गया

तब से आज तक ये परंपरा चली आ रही है

देहरादून दुर्गाबाड़ी के अध्यक्ष देवाशीष चक्रवती बताते हैं कि छठे दिन देवी का आगमन माना जाता है और मंडप में स्थापना की जाती है दशमी की सुबह तक देवी की पूजा होगी दशमी की शाम विसर्जन के लिए मूर्ति हरिद्वार ले जायी जाएगी इस दौरान संध्या में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे दुर्गा बाड़ी के इस आयोजन में पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ स्थानीय लोग भी अपनी पूरी भागीदारी निभाते हैं देवी के दर्शन के लिए शहर भर से लोग आते हैं गीत संगीत के साथ पूजा पंडाल की रौनक देखते ही बनती है

नौलिंग देव मंदिर सनगाड़ में सात अक्टूबर को आयोजित नवमी मेले की तैयारियां तेज हो गई हैं मेला कमेटी के मुताबिक सनगाड़ में हर साल आश्विन नवमी को लगने वाले मेले का बड़ा महत्व है यहां दूर दूर से लोग आकर पूजा अर्चना कर मेले का आनंद लेते हैं हर साल की तरह इस बार भी मेले में लोक कलाकारों को स्थानीय संस्कृति और कला दिखाने का मौका मिलेगा मेले का मुख्य आकर्षण रंगीली नाकुरी और कपकोट के भनार क्षेत्र से ढोल दमाऊ झांझर और अन्य वाद्य यंत्रों के साथ की जाने वाली आरतियां होंगी वहीं जिले में दुर्गा महोत्सव की भी धूम है जगह जगह भजन कीर्तन हो रहे हैं लोग मां दुर्गा के विविध रूपों की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं